महापौर सभापति चुनाव कोरबा नगर निगम में कांग्रेस के राजकिशोर प्रसाद महापौर और श्याम सुंदर सोनी सभापति निर्वाचित हुए हैं आज महापौर पद के लिए हुए चुनाव में राजकिशोर प्रसाद ने भाजपा की रितु चौरसिया को एक वोट से हराया राजकिशोर प्रसाद को चौंतीस जबकि रितु चौरसिया को तैंतीस वोट मिले वहीं कांग्रेस के श्याम सुंदर सोनी भाजपा के नरेन्द्र देवागंन को हराकर सभापति बने इस तरह कांग्रेस ने प्रदेश के सभी दस नगर निगमों रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव रायगढ़ धमतरी कोरबा सरगुजा जगदलपुर और चिरमिरी में जीत दर्ज कर ली है मुख्यमंत्री बायो एथेनॉल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में उपार्जित अतिरिक्त धान से बने बायो एथेनॉल की बिक्री को प्रोत्साहित करने और इसका विक्रय मूल्य आकर्षक रखने के लिए नीति आयोग को पत्र लिखा है उन्होंने बॉयो एथेनॉल बनाने के लिए केंद्रीय क्रषि मंत्रालय से हर वर्ष मंजूरी लेने की बाध्यता को भी खत्म करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री से धान से निर्मित बायो एथेनॉल की दर शीरा शक्कर और शुगर सिरप से उत्पादित एथेनॉल की दर के बराबर रखने का भी अनुरोध किया है सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कल से मनाया जाएगा इस दौरान लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके तहत सभी जिलों में महिलाओं की दोपहिया रैली निकाली जाएगी वहीं औद्योगिक क्षेत्र टोल प्लाजा में बस ट्रक और टैक्सी चालकों के स्वास्थ्य तथा आंखों की जांच की जाएगी साथ ही सड़क सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा इधर जांजगीर चांपा जिले में यातायात सप्ताह के पहले दिन कल महिलाओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली जाएगी वहीं स्कूलों में भी बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी जवान घायल सुकमा और नारायणपुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए हमले में चार जवान घायल हो गए हैं सुकमा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे इसी दौरान बीजापुर सुकमा बॉर्डर के जंगलों में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी दोनों ओर से हई गोलीबारी में डीआरजी के दो जवान घायल हो गए इसी तरह नारायणपुर जिले के सोनपुर मार्ग पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले थे तभी माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया इस हमले में दो जवान घायल हो गए जिन्हे बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है परीक्षा पे चर्चा स्कूली विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत परीक्षा पे चर्चा का तीसरा सत्र बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छात्र अभिभावक और शिक्षकों को परीक्षाओं में बिना भय और तनाव के भाग लेना चाहिए देश के सभी स्कूलों के कक्षा छठवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम का आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारण सुनने और देखने का अनुरोध किया जा रहा है यह कार्यक्रम दूरदर्शन के डीडी नेशनल दूरदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनल पर उपलब्ध रहेगा मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित महापौर सभापति और पार्षदों के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए यहां महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने पद और गोपनीयता की शपथ ली इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर शहर के विकास में जनप्रतिनिधियों की बड़ी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी श्री बघेल ने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को कहा वहीं मुख्यमंत्री बिलासपुर में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए

धान की नई फसल आने के अवसर पर पोष माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है इसमें मुख्य रूप से धान का दान किया जाता है सुबह से ही बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं टोली बनाकर घूम घूमकर धान मांगते रहे वहीं किसान और अन्य ग्रामीणों ने घर के सामने टोकरी में धान रखकर खुले हाथों से लोगों को बांटा घर घर धान मांगने के बाद परंपरानुसार लोगों ने टोली बनाकर डंडा नृत्य का भी प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के दूधाधारी मठ में आयोजित छेरछेरा जोहार कार्यक्रम में शामिल हए इस अवसर पर दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास ने मुख्यमंत्री को धान सहित सवा लाख रूपये का चेक प्रदान किया मुख्यमंत्री ने दान में प्राप्त राशि और धान को बच्चों को स्वस्थ बनाए जाने के लिए चलाए जा रहे सुपोषण अभियान के लिए समर्पित किया उन्होंने लोगों से आव्हान किया कि वे कुपोषण दूर करने के लिए सरकार के साथ चलाए जा रहे अभियान में सहभागी बने राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छेरछेरा पर्व पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री कार्ययोजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी चार वर्षो में बस्तर और दन्तेवाड़ा जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या बीस प्रतिशत से कम करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं वर्तमान में इन जिलों में साठ प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें आजीविका के लाभप्रद साधनों से जोड़ने को कहा है श्री बघेल ने कहा कि बस्तर प्राधिकरण के लिए आगामी बजट में सौ करोड़ रूपए की राशि आबंटित कर इसका उपयोग केवल दंतेवाडा जिले में ही किया जाए मुख्य सचिव समीक्षा मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बैंकों से कहा है कि वे अपनी सेवाओं में सुधार लाएं और आकांक्षी जिलों में क्पोषण दूर करने के कार्य में अपनी जिम्मेदारी निभाएं आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि बैंक इकतीस जनवरी तक आकांक्षी जिलों के साथ ही माओवाद प्रभावित इलाकों में अपनी नई शाखाएं और एटीएम शुरू करें जिससे लोगों को लाभ मिल सकें

विदेशों में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग वेबसाइट और मोबाइल पर बढ़ रहा है इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा से पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति विकास और पहचान कायम होती है

यातायात से जुड़े ये मॉडल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं शहरों में देर रात यातायात काफी कम हो जाता है लेकिन स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं इनमें अगर सेंसर लगा दिया जाए और जब यहां से वाहन तथा व्यक्ति गुजरे तब ही ये लाइटें जलें इसी सोच को साकार करने स्कूली बच्चों ने मॉडल बनाए हैं ग्राम पिनकापार के छात्र देवेन्द्र सिंह ने आटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाई है जो सेंसर पर काम करती है वहीं नेहाली देवांगन ने ऐसी मशीन बनाई है जो झपकी की आहट होते ही अलर्ट कर देगी इस तरह रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े प्रोजेक्ट इंस्पायर अवॉर्ड के लिए आए हैं इस प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक अरूण वोरा ने किया इस अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों के नव निर्वाचित महापौर अध्यक्षों और पार्षदों को पत्र लिखकर वार्ड और नगर के विकास के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य करने की अपील की है छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा इस साल प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए रायपुर में बारह जनवरी को कुर्राह का आयोजन किया जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दुर्ग जिले में अब तक दो सरपंच और एक हजार तीन सौ चौबीस पंच निर्विरोध चुने गए हैं दुर्ग जिले के तीन सौ शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को स्कूल शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर एक हफ्ते के भीतर व्यवस्था सुधारने कहा है ऐसा नहीं होने पर उनकी एक वेतन वृद्वि रोकने के निर्देश दिए गए हैं